मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए राज्य के मेधावी विद्यार्थियों को सरकार करेगी आर्थिक मदद केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच नयी दिल्ली में हुई चौथे दौर की बातचीत अगले दौर की बैठक कल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

सरकार ने कहा है कि वर्चुअल बैठक में संसद के दोनों सदनों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है केंद्रीय मंत्री अमित शाह राजनाथ सिंह और हर्षवर्द्वन भी बैठक में उपस्थित रहेंगे बैठक का आयोजन हाल ही में देश के कोविड वैक्सीन केंद्रों की प्रधानमंत्री की यात्रा की समाप्ति के अवसर पर किया गया है

स्वीडन पहले ही भारत को विश्व की फार्मेसी का दर्जा देकर सम्मानित कर चुका है लग्जमबर्ग स्थित बी सिस्टम्स पोर्टेबल वैक्सीन रेफ्रेजरेशन उपकरण बनाने के लिए भारत के साथ भागीदारी कर रहा है इससे टीका वितरण करने के मुद्दे का समाधान हो सकेगा कोरोना का टीका विकसित करने और उसका उत्पादन करने दोनों ही मामलों में भारत आत्मनिर्भर लग रहा है

इस सम्मेलन में वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रौद्योगिकी नवाचार स्वास्थ्य पर्यावास संरक्षण और सार्वभौमिक शिक्षा जैसे विषयों पर विचार विमर्श होगा

इसमें उद्योग शिक्षा और विभिन्न सरकारों से वक्ताओं को आमंत्रित किया गया है इस संगठन को आईआईटी के पूर्व छात्र संचालित करते हैं

इसी के साथ राज्यभर में अब तक मिले संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर एक लाख नौ हजार सात सौ इकहतर पहुंच गई है वहीं दूसरी ओर कल दो सौ आठ लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई इसी के साथ अब तक स्वस्थ होनेवालों की कुल संख्या बढ़कर एक लाख छह हजार आठ सौ अड़सठ पहंच गई है राज्यभर में अब कोरोना के एक हजार नौ सौ छब्बीस मामले ही सक्रिय हैं वहीं दूसरी ओर कल कोरोना से छह मरीजों की मौत के बाद अब तक मरनेवालों की कल संख्या बढ़कर नौ सौ सतहतर पहुंच गई है कल मिले नए संक्रमितों में सबसे ज्यादा रांची से पचासी मरीजों की पुष्टि हुई है कोरोना के सक्रिय मामलों में रांची झारखंड में सबसे ऊपर है यहां अभी सात सौ इक्यावन सक्रिय मामले हैं जबकि दो सौ छियानबे सक्रिय मामलों के साथ पूर्वी सिंहभूम दूसरे स्थान पर है झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में दारोगा नियुक्ति मामले में दायर विभिन्न याचिकाओं पर कल सुनवाई हुई इस दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया झारखंड उच्च न्यायालय में आज लालू प्रसाद को जेल में अतिरिक्त सुविधाएं देने और उनसे मुलाकात की व्यवस्था में जेल मैनुअल के उल्लंघन को लेकर सुनवाई होगी पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने चारा घोटाला में सजा काट रहे लालू प्रसाद से पिछले तीन माह में मिलने वालों के बारे में जानकारी मांगी थी पूर्व सांसद और पूर्व विधायक राजकिशोर महतो का आज राजकीय सम्मान के साथ धनबाद में अंतिम संस्कार किया जाएगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी अंतिम संस्कार के दौरान उपस्थित रहेंगे मुख्यमंत्री के अलावा पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो जमशेदपुर के सांसद विद्युतवरण महतो भी मौजूद रहेंगे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि एनडीए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से भ्रष्टाचार में कमी आई ळें उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खातों में सब्सिडी मिल रही है इस वर्ष के डॉ राजेंद्र प्रसाद स्मृति व्याख्यान को सम्बोधित करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार द्वारा लाई गयी नयी शिक्षा नीति से युवाओं में बेहतर ढंग से सोच विकसित करने में मदद मिलेगी

मुख्यमंत्री कल राजधानी रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में आयोजित टॉपरों के सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे

इसी तरह इंटरमीडिएट के विज्ञान वाणिज्य और कला संकाय में पहले स्थान हासिल करनेवाले विद्यार्थी को तीन तीन लाख रुपये दूसरे स्थान प्राप्त करनेवाले को दो दो लाख तथा तीसरे स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थी को एक एक लाख रुपये दिए गए मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर ऑनलाइन शिक्षा के लिए दो एप की भी लांचिंग की वहीं स्वच्छता के विभिन्न मानकों में बेहतर प्रदर्शन करनेवाले एक सौ उन्नीस स्कूलों में से सांकेतिक रूप से नौ स्कूलों को स्वच्छता पुरस्कार प्रदान किया इनमें प्रारंभिक कक्षाओं के लिए डिजी स्कूल तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए लर्निटिक एप शामिल हैं गढ़वा जिले में रहने वाले मार जाति को पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने के लिए राज्य पिछड़ा आयोग की टीम ने पहल शुरू कर दी है

इस दौरान दोनों ओर से करीब एक एक सौ राउंड गोलियां चली पुलिस को भारी पड़ता देख उग्रवादी महिला और बच्चों को ढाल बनाकर और जंगल का फायदा उठाकर भाग निकले जिले के पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि कृछ दिनों से प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जेजेएमपी का दस्ता पलामू जिले के पांकी के अलावा सतबरवा और लातेहार के मनिका थाना के सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय है साथ ही क्षेत्र के विकास कार्य में लगे ठेकेदारों से लेवी की वसूली के लिए बार बार परेशान किया जा रहा था जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की

सभी साइबर अपराधियों को जेल भेज दिया गया है पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार सिन्हा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापामारी अभियान चलाया है

कृषि मंत्रालय उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी वार्ता के दौरान मौजूद थे यह चौथे दौर की बातचीत थी जो सद्भावपूर्ण माहौल में हुई किसान संगठनों ने कल अगली बैठक में हिस्सा लेने पर सहमति व्यक्त की बातचीत के शुरू में कृषि मंत्री ने किसानों के कल्याण के प्रति सरकार की वचनबद्वता दोहराई उन्होंने किसानों के प्रतिनिधियों ने कहा कि वे अपने विचार रखें और विवादास्पद मुद्दों को चिन्हित करें कृषि मंत्री ने आश्वासन दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली जारी रहेगी और किसानों को यह डर नहीं होना चाहिए कि इसे समाप्त किया जा रहा है भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा करेगा भारत में प्रमुख बैंकों की नीतिगत दरें तय करने वाली बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने कल तीन दिन की बैठक शुरू की आर्थिक मामलों के जानकारों के अनुसार आज की समीक्षा बैठक में प्रमुख बैंक दरों में यथास्थिति बरकरार रखे जाने की संभावना है मुद्रास्फीति और विकास दर दो ऐसे घटक हैं जिनके आधार पर मौद्रिक नीति का निर्धारण किया जाता है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी को पत्र लिखकर एक बार फिर हजारीबाग पलामू और दुमका मेडिकल कॉलेजों में नामांकन पर लगी रोक हटाने की मांग की है इसे लेकर उन्होंने आयोग के अध्यक्ष डॉ सुरेश चंद्र शर्मा को अनुरोध पत्र भेजा है झारखंड उच्च न्यायालय ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की जमानत याचिका खारिज कर दी है कल हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि इस मामले में उच्चतम न्यायालय पहले ही जमानत याचिका खारिज कर चुकी है ऐसे में उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट थाना क्षेत्र से पुलिस ने बड़ी मात्रा में अवैध रूप से जमा बालू को जब्त किया है इस मामले में डारै गांव के दो आरोपियों को अभियुक्त बनाया गया है आईये अब सुनते हैं राज्य से प्रकाशित प्रमुख अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने केंद्र और किसान संगठनों की बैठक की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है साढ़े सात घंटे चली बातचीत बेनतीजा अगली बैठक कल शीर्षक से प्रभात खबर ने पहले पत्रे पर खबर प्रकाशित किया है दैनिक जागरण ने लिखा है आंदोलन खत्म होने के बढ़े आसार देश में कोरोना वैक्सिन विकसित होने की खबर को दैनिक भास्कर ने पहले पत्रे पर प्रकाशित किया है जिसका शीर्षक है जनवरी की शुरूआत तक वैक्सिन को मंजूरी मिलने की उम्मीद एम्स डायरेक्टर राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी एनआइए द्वारा एक मानव तस्कर की गिरफ्तारी की खबर को हिंदुस्तान ने पहले पन्ने पर जगह दी है दागी नेताओं को आजीवन च्नाव लड़ने के प्रतिबंध पर केंद्र सरकार के विरोध की खबर को अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है